नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठमेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद एक अन्य जवान घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे महाअष्टमी पर आज विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बस्तर दशहरे के तहत आज होगी निशा जात्रा की रस्म

खाद्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में व्यापारी ढाई सौ क्विंटल सीमा तक और कमीशन अभिकर्ता बीस क्विंटल प्याज का स्टॉक रख सकेंगे प्रदेश में स्टॉक लिमिट की सीमा इकतीस दिसंबर तक प्रभावशील रहेगी राज्य शासन द्वारा प्याज की उपलब्यता और बाजार भाव की निगरानी करने के संबंध में जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं वहीं केन्द्र सरकार ने कहा कि उसने प्याज की कीमतें कम करने और देशभर में इसकी पर्याप्त उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कहा है कि खुले बाजार में प्याज की बिक्री की जा रही है और कीमतें कम करने के लिए इसकी आपूर्ति बढ़ाई जाएगी खरीफ के मौसम में सैंतीस लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में पहुंचने की संभावना है मुठभेड़ जवान शहीद नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है मिली जानकारी के मुताबिक ओरछा थाना क्षेत्र के अबूझमाड़ इलाके के कदेर के जंगल में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना पर डीआरजी की टीम को रवाना किया गया था इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने माओवादी कैम्प को ध्वस्त कर दिया साथ ही मौके से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है वहीं दंतेवाड़ा पुलिस ने कुआंकोंडा क्षेत्र के दुवाली करका की पहाड़ियों में माओवादियों द्वारा छिपा कर रखी गई विस्फोटक और अन्य सामग्रियों को बरामद किया है स्वास्थ्य मंत्री कोरोना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले तीन महीने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लिए निर्णायक साबित होंगे उन्होंने कहा कि यदि आगामी त्यौहारों और सर्दियों में हम पर्याप्त एहतियाती उपाय करेंगे और कोविड नियमों का समुचित पालन करेंगे तो इस महामारी से निपटने में हमारी स्थिति बेहतर होगी अगर अगले तीन महीने हमने प्रीकोशन्स सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोपियेड बिहेवियर की मैंने जो बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना हैंड हाईजिन के बारे में रेस्प्रेट्री एडिकेट्स के बारे में दो गज की दूरी के बारे में भीड़भाड़ के इलाकों को अवाइड करने के बारे में और जहां तक हो सकें फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को सभी स्वयंसेवी सस्थाओं को अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के रिकवरी दर में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है विभिन्न कोविड अस्पतालों आइसोलेशन सेंटरों और होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में सोलह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में अब तक एक लाख तिरालीस हजार से अधिक मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए प्रतिदिन औसतन बाईस हजार नमूनों की जांच की जा रही है वहीं स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने महासमुंद जिला कलेक्टोरेट में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जाने रहे प्रयासों की समीक्षा की बैठक में उन्होंने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटीलेटर्स के बारे में भी जानकारी ली इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर्स में भी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए कोरोना जागरूकता छत्तीसगढ़ में त्यौहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों कस्बों और गांवों में अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में बालोद में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया इस दौरान आम लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने सहित अन्य सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया वहीं दुर्ग जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना से बचाव की जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी युवा इनफ्लुएंसर और समाजसेवी संगठन निभा रहे हैं करीब तीस से पैंतीस युवा सोशल मीडिया पेज के माध्यम से जरूरी जानकारी साझा करते हैं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान में बहुत अधिक जागरूकता और सावधानी की जरूरत है

विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कस्बों और गावों में जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं भी ले रहे हैं प्रचार अभियान के दौरान परासी भर्राटोला और देवगवां में तीस से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश किया वहीं मरवाही उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन प्रेक्षक जयसिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जिला निर्वाचन अधिकारी ने गौरेला विकासखंड के ग्राम झगराखंड में अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता दुखुराम के घर जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने की प्रक्रिया का जायजा लिया मरवाही विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पर्ची का वितरण भी शुरू हो गया है

इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सत्तरवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा यह प्रसारण मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई खेलकूद भविष्य आदि विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इस संबंध में सोलह वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर अट्ठाईस से तीस अक्टूबर तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की रेडियोवार्ता लोकवाणी का प्रसारण आठ नवंबर को सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा इसे छत्तीसगढ़ रिथत आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे आयकर रिटर्न केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तीस नवम्बर से बढ़ाकर इकतीस दिसम्बर कर दी है वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन करदाताओं के खाते का लेखा परीक्षण जरूरी है उनके लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर इकतीस जनवरी कर दी गई है माशिमं होम असाइनमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर मुख्य परीक्षा दो हजार बीस इक्कीस में प्रत्येक विषय में तीस प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम सत्तर प्रतिशत होम असाइनमेंट किए होंगे होम असाइनमेंट सितंबर दो हजार बीस से फरवरी दो हजार इक्कीस तक विद्यार्थियों को दिए जाएंगे इस प्रकार प्रत्येक विषय में छह असाइनमेंट होंगे जिसमें सत्तर प्रतिशत के मान से प्रत्येक विषय में चार असाइनमेंट विद्यार्थियों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं इस कारण मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम में तीस से चालीस प्रतिशत की कमी की गई है वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तथा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षाएं आगामी अट्ठाईस नवंबर से शुरू होंगी डीएलएड प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा भी पूरक परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी पूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र इकतीस अक्टूबर तक भरे जाएंगे दूसरी ओर शिक्षकों के लिए आज आग्मेंटेड रियेलिटी टेक्नोलॉजी के उपयोग के संबंध में जागरूकता प्रदान करने के लिए वेबीनार का आयोजन किया गया

इस मौके पर देश प्रदेश के विभिन्न भागों में महाअष्टमी श्रद्वा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है आज के दिन महागौरी के रूप में शक्ति की उपासना की जाती है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मंदिरों और दुर्गोत्सव समितियों के साथ साथ व्रत उपवास रखने वाले श्रद्वालुओं ने कन्याभोज भी कराया वहीं इस साल विजयादशमी के मौके पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दशहरा उत्सव समितियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज देर रात निशाजात्रा विधान होगा बस्तर दशहरा में नवरात्र पर्व के दौरान अष्टमी तिथि की रात निशाजात्रा पूजा विधान की परंपरा है इस दौरान राजपरिवार की मौजूदगी में जगदलपुर के निशा गुड़ी में पूजा अनुष्ठान किया जाता है मावली मंदिर में बारह गांवों के देवी देवताओं और उनके गणों के लिए भोग भी तैयार किया जाता है आज दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना की गई इसके बाद पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर माई की डोली को जगदलपुर के लिए विदाई दी गई कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन और मंदिर समिति ने सीमित लोगों को माई की डोली के साथ जगदलपुर जाने की अनुमति दी है इससे पहले कल बस्तर दशहरा में बेल पूजा विधान की रस्म अदा की गई फुलबासन बाई केबीसी महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में पहचान बनाने वाली पद्मश्री फूलबासन बाई यादव ने बहुचर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में पचास लाख रूपये की राशि जीती है कल रात प्रसारित कर्मवीर स्पेशल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की फूलबासन यादव ने महानायक अभिताभ बच्चन के हर सवालों का जवाब रोचक तरीके से दिया उनके साथ सहयोगी के रूप में अभिनेत्री रेणुका शहाणे भी मौजूद रहीं मौसम आगामी एक दो दिनों में प्रदेश से मानसून की विदाई होने की संभावना है वहीं देश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र बांग्लादेश के मध्य में स्थित है इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके प्रभाव से हवा में काफी नमी मौजूद है छत्तीसगढ़ में भी अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है साथ ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री मूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित नारायण राव मेघावाले की जयंती पर उन्हें नमन किया है कवर्धा की पूर्व विधायक शशिप्रभा देवी सिंह का आज निधन हो गया वे उन्नीस सौ सतहत्तर में कवर्धा विधानसभा से विधायक चुनी गई थीं दुर्ग जिला पुलिस बल द्वारा पच्चीस और छब्बीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाएगा इस अवसर पर पच्चीस अक्टूबर को सिविक सेंटर भिलाई से राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित की जाएगी छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता की मांग को लेकर आगामी दो और तीन नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन द्वारा अट्ठाईस अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एकदिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा नगर पालिक निगम भिलाई में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत असंगठित और संगठित कर्मकारों के पंजीयन के लिए छब्बीस से तीस अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा कवर्धा जिला जेल में हत्या का एक विचाराधीन बंदी कल इलाज के दौरान रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल से फरार हो गया

जांजगीर चांपा जिले में बाराद्वार क्षेत्र के ग्राम रायपुरा में नकाबपोश डकैत करीब डेढ़ लाख रूपये और सोने चांदी की जेवरात लूटकर फरार हो गए पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए हैं नर्सिंग होम एक्ट का पालन करवाने के लिए सभी विकासखंडों में पांच सदस्यीय समितियों का गठन करने के लिए भी कहा गया है बस्तर जिले की नगरनार पुलिस ने आज एक ट्रक से चार क्विंटल गांजा बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है वहीं महासमुंद जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में भी दो आरोपियों के पास से करीब साठ हजार रूपये कीमत का गांजा जब्त किया गया है जांजगीर चांपा जिले में एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने के आरोप में एक युवक को मुलमुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है